कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान एक मई से शुरू हो रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर एक लाख नौ सौ छब्बीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के तेरह हजार नवासी नए मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक पटना से दो हजार एक सौ छियासी नये मामले सामने आये हैं गया से एक हजार एक सौ अठाईस मरीजों की पुष्टि हुई है बेगूसराय से छह सौ छियासठ पश्चिम चंपारण से पांच सौ नब्बे नालंदा से पांच सौ नौ पूर्णिया से चार सौ तिरासी और मुजफ्फरपुर से चार सौ अठहत्तर मामले सामने आये हैं राज्य में पिछले एक सप्ताह से हर दिन बारह से तेरह हजार के बीच कोविड के नये मामले सामने आ रहे हैं स्वस्थ होने की दर सतहत्तर दशमलव दो सात प्रतिशत हो गयी है एक दिन में नवासी लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार चार सौ अस्सी हो गया है राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर तेरह प्रतिशत से अधिक हो गई है कोरोना के सबसे अधिक मामले पटना और गया जिले में मिले हैं देशभर में अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा विश्व के इस सबसे बडे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का पंजीकरण चल रहा है अब तक दो करोड़ बारह लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्दधन ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है इस बीच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि अठारह से चौवालीस वर्ष आय वर्ग के लोगों का कल से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इसमें टीकाकरण के स्थान का चयन नहीं हो सकेगा भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए को वैक्सीन टीके की कीमत कम कर दी है अब राज्य सरकारों को पहले घोषित प्रति डोज छह सौ रुपये की बजाय चार सौ रुपये देने होंगे भारत बायोटेक ने कहा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया है निजी अस्पतालों के लिए को वैक्सीन की कीमत एक हजार दो सौ रुपये प्रति डोज होगी इससे पहले राज्यों के लिए को विशील्ड वैक्सीन की कीमत भी चार सौ रुपये से घटाकर तीन सौ रुपये कर दी गई थी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस समेत राज्य के दस कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया है प्रदेश में कोरोना के कहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा कि केंद्रीय कोटे से मिलने वाले लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी इसके लिए पांच क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम कर लिया गया है

आयुष चौंसठ को कई औषधियां मिलाकर बनाया गया है इसका विकास कोन्द्रीय आर्यूेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है यह औषधि उन्नीस सौ अस्सी में मलेरिया के लिए बनाई गई थी और अब इसे कोविड उन्नीस के लिए बनाया गया है आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लीनिकल परीक्षण प्ररा कर लिया है वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष चौंसठ पर अध्ययन के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं राज्य में अब तक सत्तर लाख तिरपन हजार तीन सौ सैंतालीस लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान सतासी हजार एक सौ अठासी लोगों को टीका लगाया गया है इनमें बावन हजार चार सौ चौहत्तर लोगों को पहली डोज जबकि चौंतीस हजार सात सौ चौदह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश भर में अब तक पन्द्रह करोड़ इक्कीस लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाये गये हैं देश में कोविड उन्नीस की स्थिति के बारे में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे यह बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी बैठक के दौरान देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया जायेगा केंद्र सरकार ने इस वर्ष इकतीस मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश राज्यों को दिया है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 इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर दस प्रतिशत से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में साठ प्रतिशत से अधिक बिस्तर भरे हैं मंत्रालय के अनुसार दोनों में से किसी भी स्थिति वाले जिले में संक्रमण पर काब्र पाने के लिए सघन अभियान चलाने की जरूरत है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षण विहीन रोगियों के घर में अलग रहने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं उपचार की द्रष्टि से हल्के लक्षण या लक्षणरहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही प्रथक रखने की अनुशंसा की गई है लक्षणरहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर चौरानवे प्रतिशत से अधिक है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और इसकी प्रष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर चौरानवे प्रतिशत से अधिक है ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा चिकित्सक करेंगे मंत्रालय ने कहा है कि एचआईवी संक्रमित अंग प्रत्योरोपित व्यक्ति और कैंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में अलग रखने की अनुशंसा उनका उपचार करा रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भलीभांति जांच के बाद ही की जाएगी एक रिपोर्ट बाईट स्वास्थ्य मंत्रालयकी ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसारकोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देरहे है उन्हे एक अलग कमरे मे रहना चाहिये और घर के अन्य सदस्योंसे दूर रहना चाहिए इसके अलावा उन्हे एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिये जो हवादारहो और उन्हे हर समय तीन सतहों वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए रोगियों को सलाह दीगई है वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहे अगर उनका स्वास्थ्यबिगड़ता है तो उन्हे जल्द से जल्द डाक्टर से संपर्क करने कीसलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमेडेसिविर दवा का उपयोगडॉक्टर की सलाह पर हीं करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहींकरें

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात रिथति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्स एप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है इसका नम्बर है नौ तीन पांच चार नौ पांच चार दो दो चार राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हए उठाया है देश भर में चौबीस घन्टे काम करने वाले इस नम्बर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहुंच बना सकती हैं इसके साथ ही आयोग से ईमेल हेल्पएटएनसीडब्ल्यू एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम पर भी सम्पर्क किया जा सकता है राज्य के उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व के तेईस जिलों में अगले चौबीस घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश की सम्भावना है इधर शेखपुरा नवादा लखीसराय और जमुई जिले में कल तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से कई स्थानों पर फसलों को क्षति हुई है वहीं प्ररबा हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है अधिकतम तापमान में भी औसतन चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है राजधानी पटना और मोतिहारी में लोगों को ऑनलाईन सब्जी मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में सब्जी का उत्पादन अधिक हो रहा जिससे यहां के किसान राज्य के बाहर अपनी सब्जी को भेजते हैं लेकिन राज्य सरकार ने ऑनलाईन सब्जी बेचने की व्यवस्था की शुरूआत की है जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा वहीं सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता तरकारीमार्ट डॉट इन पर जाकर सब्जियों की खरीद का आदेश दे सकता है जिससे अगले दिन उपभोक्ता के घर सब्जियां पहुंच जायेंगी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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है आठ करोड़ इकहत्तर लाख लोगों को मई और जून में मुफ्त अनाज दैनिक जागरण लिखता है भारत की मदद को आगे आये चालीस से ज्यादा देश भेजी राहत प्रभात खबर ने पटना सचिवालय के कई अधिकारी और कर्मचारियों के कोरोना से मौत हो जाने और संक्रमित होने पर लिखा है जहां रहती थी गहमा गहमी वहां अब पसरा है सन्नाटा दैनिक भास्कर ने बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल पर लिखा है बंगाल में एग्जिट पोल भी भ्रम में दो में दीदी एक में मोदी एक में दोनों आगे दैनिक आज की सुर्खी है किसानों को पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूँ बेचने की छूट और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हई